इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सोलह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तथा छह मंत्रालय भाग लेंगे इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण हाल ही में सेना में शामिल किए गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों सहित सुखोई और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट रहेगा प्रदेश में राजधानी लखनऊ गोरखपुर वाराणसी अयोध्या क्शीनगर महराजगंज बस्ती सिद्दार्थनगर मऊ बलिया आजमगढ़ सहित सभी जिलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं कल सुबह सभी सरकारी कार्यालयों स्कूल कॉलेजों सहित विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण किया जायेगा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शहरों और कस्बों में गणतंत्र दिवस सम्बन्धी सामग्री की खरीददारी के लिये लोगों विशेषकर बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह रहा गणतंत्र दिवस के मद्देनजर नेपाल से सटे पीलीभीत लखीमपुरखीरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्वार्थनगर महराजगंज जनपदों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवान आने जाने वालों पर कड़ी चौकसी रख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इसे हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इसके तुरंत बाद अंग्रेजी में सम्बोधन सुना जा सकता है राष्ट्रपति के सम्बोधन के हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद प्रसारित किया जाएगा आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस दो हजार बीस का विषय है सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया से वैश्विक समुदाय में इसका गौरव बढ़ा है आज नई दिल्ली में दसवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जनता में चुनाव संबंधी समझ बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर श्री कोविंद ने जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों को श्रेष्ठ चुनाव व्यवस्था के लिए बीस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक उत्साहजनक बनाने तथा सहभागिता बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया गोरखप्र के सेन्ट एन्ड्रयूज डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम में नये मतदाताओं को पहचान पत्र वितरित किये गये मण्डलायुक्त जयंत नार्लिकर ने लोगों को मतदान करने की शपथ दिलायी इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पांडियन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे वाराणसी में सिगरा के डॉक्टर सम्पूर्णानन्द खेल मैदान में मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मण्डलायुक्त दीपक अग्रवाल ने लोगों को सशक्त एवं समृद्व लोकतंत्र के लिये अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलायी इस अवसर पर मतदाता जागरूकता दौड नुक्कड़ नाटक और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्र छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुति भी दी बलरामपुर जिले में छात्र छात्राओं ने रैली निकाल कर लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया मऊ में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने मतदान कार्यो में सहभागिता करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया इस अवसर पर नये मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी दिये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस बार मन की बात का प्रसारण समय शाम छह बजे होगा आमतौर पर यह सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता है दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा कि निर्भया सामूहिक दृष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों के वकील की दलील पर और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है दोषियों के वकील ने आरोप लगाया था कि जेल अधिकारी दया और क्यूरेटिव याचिकाएं दायर करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं दे रहे हैं मिर्जापुर के वयोवृद्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतला प्रसाद सिंह का आज चुनार घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार कर दिया गया श्री सिंह का कल उनके पैतुक गांव कछवा के हिनौता में निधन हो गया था वह अट्ठानवे वर्ष के थे श्री सिंह ने वर्ष उन्नीस सौ बयालीस के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कछवा के कम्बल घर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था इसके लिए उन्हें अंग्रेजी शासन ने जेल की सजा दी थी श्री सिंह डेढ़ वर्ष तक कारागार में निरुद्व थे